हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी बस्तियों में रह रहे लोगों के प्नर्वास के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिये केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यों के मध्य जल बंटवारे के कारण पैदा होने वाले विवादों को लेकर चिंता व्यक्त की

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

उन्होंने कहा कि दवाओं के अन्य प्रभाव होना आम बात है और यह कोई भी टीका लगाने के बाद हो सकते है उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोनों स्वदेशी वैक्सीन को वैज़ानिक तौर पर जांचने के बाद और मानव परीक्षण के आद मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि कई देश भारत से इन वैक्सीन की मांग कर रहे है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों के प्नर्वास के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिये है ताकि झ्ग्गी निवासियों को रियायती दरों पर आवासीय फ्लैट मुंहैया करवाये जा सके मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में सबके लिए आवास बारे एक बैठक की अध्यक्षता करले के बाद कहा कि श्रु में यह योजना फरीदाबाद और ग्रुग्राम में लागू ओगी और बाद में इसे राज्य के अन्य बड़े शहरों में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में रह रहे सभी झ्ग्गी निवासियों को रियायती घर उपलब्ध करवाना है यह योजना सबके लिए आवास विभाग द्वारा तैयार की जायेगी और झ्ग्गी निवासियों की हामी लेने के बाद उन्हें आवासीय फ्लैट में भेजा जायेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि झ्ग्गी निवासी किस्तों मे इन घरों की अदायगी कर सकते है और सरकार बैंको के माध्यम से ऋण का प्रबंध भी करवायेगी

उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत प्रगति की गति धीमी है और घरों के निर्माण का कार्य म्कम्मल करने के लिए तेज़ी की जरूरत है श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के लिए घरों के निर्माण कार्य म्कम्मल करवाने और उन्हें ये घर जल्दी सौंपने पर ध्यान केन्द्रित करें उन्होंने रियायती किराये पर आवास उपलब्ध करवाने वारे आवास परिसर योजना को तेज़ी से लागू करने की अपील की है केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यों के मध्य जल बंटवारे के कारण पैदा होने वाले विवादों को लेकर चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी नदी बेसिन संगठनों के गठन के बाद इस समस्या का समाधन करने में मदद मिलेगी श्री क्टारिया आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बांध प्र्नवास व सुधार परियोजना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय जल आायोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे प्रेस के नाम जारी बयान में उन्होंने कहा कि देश में बेहतर जल प्रबंधन के लिए नदी बेसिन संगठनों की अहम भूमिका होगी उन्होंने कहा कि अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक अगले सत्र म पेश किया जाना प्रस्तावित हे जिसके तहत पारित होने वाले से पानी को लेकर टकराव के मामलों को तेज़ी से हल किया जा सकेगा

उन्होंने बताया कि केन्द्रीरय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है

आज फरीदाबाद ग्रूग्राम और क्रूक्षेत्र में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्य् भी हुई है खबरें संक्षेप में भिवानी जिला प्रशासन ने हर वहान पर अनिवार्य की गई उच्च स्रक्षा नंबर प्लेट घर पर ही पहुंचाने की श्रूआत की है क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंग्रेज सिह ने बताया कि इसके लिए वाहन चालकों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने वाहन का पंजीकरण करवाना होगा पंजीकरण के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट तैयार होने पर धर पर पहंचा दीजायेगी

पलवल में आज दो अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं के दो लोगों की मत्य् हो गई प्लिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव जटौली के निकट सड़ा पर पैदल जा रहे एक युवक को तेज़ र फ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी टक्कर लगने से गांव लिखी निवासी चंदर की मौत हो गई